स्वाईन फ्लू के बढ़ते मामलों पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज प्रदेशभर में समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है

राज्यस्तरीय मुख्य समारोह राजधानी जयप्र में आयोजित होगा

विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जिले में गणतंत्र दिवस मनाने की सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है

उनका भाषण आज शाम सात बजे आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चौनलों पर प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी पर रात साढ़े नौ बजे से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रपति के भाषण को मूक बधिर लोगों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ भारत अंतरिक्ष रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है

रामगढ़ में आज सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है इस रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न कांग्रेसी नेता संबोधित करेंगे

प्रदेश में इस बीमारी से जयपुर और जोधपुर जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं

इस अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के ओटीएस सभागार में आयोजित किया जा रहा है इस बार के कार्यक्रम का विषय है कोई मतदाता ना छूटे इस अवसर पर नये मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किये जायेंगे

हनुमानगढ़ जिले में आयोजित किये गये जिला स्तरीय समारोह में आकाशवाणी के संवाददाता वीरेन्द्र द्वंढाड़ा को विधानसभा चुनाव के दौरान स्वीप गतिविधियों का बेहतरीन कवरेज करने के लिये के सम्मान प्रदान किया गया

जयपुर के डिग्गी पैलेस में कल से शुरू हुए इस फेस्टिवल में आज दिनभर अलग अलग सत्रों में लोगों को जावेद अख्तर शशि थरूर राजदीप सरदेसाई डॉक्टर नरेश त्रेहान सहित अनेक हस्तियों के विचार सुनने को मिलेंगे

इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिये कल जयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर हरि सिँह मीना ने अधिकारियों को जिला और ब्लॉक स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए

पुलिस ने कल रात कार्यवाही करते हुए उदयपुर के एक मकान में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे लोगोँ को धरदबोचा यह लोग फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी कर रहे थे

ये दुकानदार पूजन सामग्री की आड़ में वन्यजीवों के अंगों को बेच रहे थे आरोपियों की दुकान से वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों के अंग हड्डियां और कवच बरामद किये है

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइक को ग्रामीण क्षेत्रों में औने पौने दाम में बेच देते थे

मौसम में अचानक आये बदलाव से प्रदेश के कई ईलाकों में बारिश के साथ ओले पडने के समाचार है

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीती रात तेज गर्जना के साथ करीब डेढ घंटे तक झमाझम बारिश हुई वहीं जिले के बयाना और रूदावल में चने के आकार के ओले भी गिरे

चुरू में भी कल हुई बारिश के बाद आज सुबह घना कोहरा देखा गया राजधानी जयपुर में भी कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

उन्हें इसके लिये बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी इसके लिये जयपुर डिस्कॉम द्वारा डिस्कॉम आपके द्वार योजना शुरु की गई है